कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर झारखंड उच्च न्यायालय पन्द्रह दिनों के लिए बंद पर जन सरोकार से जुड़े मामलों की जारी रहेगी सुनवाई विधानसभा के बजट सत्र में आज लोहरदगा हिंसा मामले पर भाजपा विधायकों का हंगामा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जतायी आपत्ति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

लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह बिना हाथ धोये स्पर्श न करें सभी व्यक्तियों को बार बार साबुन पानी से हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए लोगों को खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बो में फेंके जाने चाहिए

कोरोना वायरस को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से भी विषेष सतर्कता बरती जा रही है

अफगानिस्तान फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वालों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है

कोरोना वायरस को लेकर एतिहात के तौर पर आज से आगामी पन्द्रह दिनों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय को बंद कर दिया गया है हालांकि इस दौरान जरुरी मामलों और जन सरोकार से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में बुलाई गई फुल कोर्ट की बैठक में ये फैसला लिया गया

इधर राज्य सरकार के निर्देष के आलोक में राज्य सूचना आयोग में निर्धारित विभिन्न अपील वादों और षिकायत वादों की सुनवाई इकतीस मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गयी है हालांकि इस दौरान जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी रहेगी उच्चतम न्यायालय ने महिला और पुरूष अधिकारियों को समान मानते हुए नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की आज स्वीकृति प्रदान कर दी

भाजपा विधायक अनंत ओझा ने लोहरदगा हिंसा मामले को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया इसके बाद भाजपा विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी सदस्यों के शोर षराबे पर आपत्ति व्यक्त की उन्होंने कहा कि ऐसे में सवालों के जवाब देना कठिन होता है लोहरदगा में पिछले दिनों सीएए के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर हुए हमले के विरोध में सदन के बाहर भी भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया इस दौरान विधायकों ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार से की राज्य सरकार ने पाक्सो एक्ट के तहत बाईस फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई कैबिनेट सचिव केके खंडेलवाल ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने क्ल पच्चीस प्रस्तावों को मंजूरी दी है उन्होंने बताया कि एससीएसटी आरक्षण दो हजार तीस को भी स्वीकृति दी गई है इसके अलावा झारखंड चिकित्सा षिक्षा सेवा नियमावली में संषोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई श्री खंडेलवाल ने बताया कि पांचवें और छठे वेतनमान वाले राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की गई है केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि मौजूदा बजट सत्र तीन अप्रैल तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद के बाहर संवाददाताओं को बताया कि सत्र की अवधि कम करने की कोई योजना नहीं है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है सिमडेगा जिले में अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके में लगभग आधी आबादी एनीमिया और हीमोग्लोबिन की कमी से पीड़ित हैं विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये बच्चों और महिलाओं के बीच आयरन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है

राज्य के नये पुलिस महानिदेषक एमवी राव ने आज से पदभार संभाल लिया है पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री राव ने कहा कि बिना किसी पक्षपात के राज्य की विधि व्यवस्था बनाये रखना उनकी प्राथमिकता होगी

संक्षिप्त खबरें लोहरदगा जिले में आज कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए जागरूकता फेलाने के उद्देष्य से विभिन्न धार्मिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गयी पलामू जिले में कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए आज जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से प्रषिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कोरोना को लेकर लातेहार जिले में अवस्थित बेतला नेषनल पार्क को अगले चौदह अप्रैल तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है